बिहार के संतावन प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी सफल

ईद उल फितर का त्योहार आज पूरे अकीदत के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गयी राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के अलावा मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की सामूहिक नमाज अदा की गयी गांधी मैदान में ईद की नमाज के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे उन्होंने लोगों को ईद की बधाई और श्भकामनाएं देते हुए देश प्रदेश की तरक्की की कामना की जिला मुख्यालायों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मुस्लिम समुदाय के लोग धार्मिक उल्लास के साथ त्योहार मना रहे हैं लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं ईद के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मेडिकल और डेंटल कालेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट दो हजार उन्नीस के परिणाम आज घोषित कर दिए गए राजस्थान के नलिन खंडेलवाल पहले स्थान पर रहे हैं जबकि दिल्ली के भाविक बंसल दूसरे और उत्तर प्रदेश के अक्षत कौशिक तीसरे स्थान पर रहे बिहार से छिहत्तर हजार से अधिक परीक्षार्थियों में से संतावन दशमलव छह एक प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए हैं चौवालीस हजार बानवे परीक्षार्थियों को सफलता मिली है नीट परीक्षा एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है दो हजार उन्नीस की नीट परीक्षा में करीब चौदह लाख ग्यारह हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से सात लाख संतानवे हजार उत्तीर्ण हुए हैं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब दाखिले के लिये काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा आज विश्व पर्यावरण दिवस है द्रनियाभर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष पांच जून को यह दिवस मनाया जाता है ताकि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए रचनात्मक कदम उठाए जा सकें भारत ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ पर्यावरण के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टवीट कर कहा है कि प्रकृति के साथ सामांजस्य से भविष्य बेहतर होगा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में पर्यावरण भवन में एक पौधा लगाया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने और ताजा हवा लेने के लिए लोगों को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए पर्यावरण मंत्री ने देश के राजमार्गों के किनारे सवा सौ करोड़ वृक्ष लगाने के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को आठ पौधे लगाने चाहिए साउंड बाईट हर एक आदमी को समझना चाहिए कि उसको जिन्दगी भर जितना ऑक्सीजन लगता है उतना ऑक्सीजन मिलने के लिए आठ दस पेड तो उसको लगाने बनते हैं हम एक नया कार्यक्रम स्कूल नर्सरी शुरू करेंगे स्कूल के बच्चे वन विभाग के सहयोग से बीज रोपण करना सीखेंगे पौधा आएगा उसको सैप्लिंग को एक साल बढ़ाएगे और अपने एनुअल एग्जाम के साथ एक ट्रॉफी के रूप में घर ले जाएंगे पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये विभिन्न सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस अवसर पर सूखा और गीला कचरा का अलग अलग संग्रह करने और इसके निष्पादन के लिये नई व्यवस्था की शुरूआत की कचरा संग्रह के लिये पटना नगर निगम की गाड़ियों को रवाना किया गया इधर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी साईकिल रैली और संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि ईद की नमाज के बाद मुजफ्फरपुर और बक्सर सहित कई जगहों पर मुस्लिम भाईयों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण और वन मंत्री सुशील कुमार मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा कि पटना में वाहनों से होने वाले वायु प्रद्षण को नियंत्रित करने के लिये अधिक से अधिक संख्या में बैटरी चालित और इलेक्ट्रीक वाहनों को चलाया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार के वाहनों की खरीद में टैक्स पर पचास प्रतिशत की छूट दे रही है उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी पेट्रोल पंपों पर वायु प्रद्षण जांच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रीक बसों का परिचालन किया जायेगा जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्लोपुर मस्जिद के पास एक आवासीय परिसर में बम विस्फोट हो गया इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाके की आवाज इतनी जबर्दस्त थी कि आसपास के कई घरों में इसकी कंपन महसूस की गयी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है जनता दल यूनाईटेड ने स्पष्ट किया है कि पार्टी झारखंड विधानसभा चूनाव अकेले लड़ेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने जमशेदपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में यह जानकारी दी मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे के पूर्वान्रमान में राज्य में भीषण गर्मी से राहत की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाये रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है कुछ हिस्सों में हल्की ब्रंदाबांदी भी हो सकती है वहीं अररिया और सारण जिले में अगले चौबीस घंटों के दौरान आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गयी है आज उनतालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा पटना का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव दो भागलपुर का सैंतीस दशमलव नौ और पूर्णिया का चौंतीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि राज्य के तीन जिलों वैशाली पश्चिम चंपारण और सारण में रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल और एप्रोच रोड का निर्माण कराया जायेगा इसके लिये राज्य सरकार ने एक सौ सात करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी कर दी है उन्होंने बताया कि वैशाली जिले के गोरौल सारण के गोल्डेनगंज और पश्चिम चंपारण के बेतिया छावनी के पास इन पुलों का निर्माण करवाया जायेगा गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड से पूर्व एक सौ चौरासी कैडेटों को प्रस्कृत किया गया इनमें एक सौ सड़सठ तकनीकी और अठारह स्पेशल कमीशन के अधिकारी हैं एकेडमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि आठ जून को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है आज संपूर्ण क्रांति दिवस है लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने आज ही के दिन उन्नीस सौ चौहत्तर में राजनीति में भ्रष्टाचार बेरोजगारी और अन्य राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ आंदोलन का नारा दिया था और लोगों से विरोध में गिरफ्तारी देने का आहवान किया था इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान के पास जेपी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने माल्यापंण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी उद्योग मंत्री श्याम रजक और सूचना तथा जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार भी उपस्थित थे बेगूसराय जिले के प्रलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने वीरपुर थानाध्यक्ष वरुण कुमार को निलंबित कर दिया है अपराध नियंत्रण में विफल रहने के मामले में यह कार्रवाई की गयी है सहरसा जिले के महेषी थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुहा पुल के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी किशनगंज जिले में एक चाय बगान पर कब्जा करने के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गयी इसमें कम से कम छह लोग घायल हो गये हैं भोजपुर जिले में कई इलाकों में भीषण गर्मी के कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है

अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भेभड़ा चौक के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान दो सौ सतासी बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार ईद उल फितर का त्योहार आज प्रे अकीदत के साथ मनाया जा रहा है

बिहार के संतावन प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी सफल